विभिन्न मुददों पर चर्चा करते हथे उन्होने आगामी योजनाओं आत्मनिर्भर भारत अभियान और नई शिक्षा नीति को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया श्री नड्डा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश से किसानों की स्थिति में सुधार होगा

उन्होने कहा कि कोरोना के संकट से उभरने के लिये छोटे उद्योगों और फेरीवालों को सहायता मुहैया कराई जायेगी

उन्होंने कहा कि सबको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बालिका स्कूल जाने से वंचित न रहे श्री नायड् ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है उन्होंने कहा कि समाज की मानसिकता बदलने के लिए और भी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण देने के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव पर जल्द सहमति बनाए

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किये जा सकते हैं

उधर उदयपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार तीसरे हफ्ते शनिवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया है इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद हैं

इस महामारी से मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है वर्तमान में यह एक दशमलव आठ छह प्रतिशत पर आ गई है

केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे जारी करते हुये कहा कि फिल्म और टेलीविजन महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के बाद इसे जारी किया गया है

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया यह प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाईयों और अन्य एजेंसियों द्वारा सेवाओं तथा वस्तुओं की खरीद के लिए है इसके माध्यम से कोविड महामारी के दौरान सरकारी संगठनों को किफायती दर पर पारदर्शी तरीके से उत्पाद और सेवाएँ तुरंत उपलब्ध कराई जा रही हैं जैम अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार मेक इन इंडिया कारोबार में सुगमता और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का माध्यम है इससे विक्रेताओं को समय पर भूगतान करने कीमत करने की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है और छोटी औद्योगिक इकाइयों को सरकारी संगठनों के साथ कारोबार करने का प्रोत्साहन मिलता है

भरतपुर के महाराजा सूरजमल बुज विश्वविद्यालय के नये भवन का आज ऑनलाईन लोकार्पण करते हये राज्यपाल ने कहा कि कक्षा शिक्षण के विकल्प के रूप में ऑनलाईन शिक्षण पद्धति की स्वीकार्यता बढ़ी है उन्होंने ई कंटेन्ट्स को व्हाट्स अप ग्रपों के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिये विश्वविद्यालय की सराहना की श्री मिश्र ने विश्वविद्यालय में बनाये गये संविधान पार्क का भी शिलान्यास किया जिले के चक सतीकरा गांव में बनाये गये इस विश्वविद्यालय के बारे में राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और शिक्षा को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिये

इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम मुहैया करा कर उनकी जिन्दगी में व्यापक बदलाव हुआ है राज्य में भी इस कानून के तहत बहुत लोगों को काम मिला है

झालावाड़ बांसवाड़ा ड्ंगरपुर और उदयपुर जिलों में भारी बारिश से आवागमन पर असर पड़ रहा है

उधर कोटा बैराज से गेट खोलकर पानी छोड़े जाने पर चंबल नदी में पानी की आवक बढ गई है जिससे नदी के किनारे बसे गांव और ढाणियों में खतरे की संभावना को देखते हुये करौली और धौलपुर जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिये हैं धौलपुर जिले में रूक रूक कर दिनभर बारिश हुई झालावाड़ में हुई तेज बारिश से नदी नालों में पानी की आवक तेज हो गई है जिले का कालीसिंध बांधे भर गया है

टोंक जिले के संग्रामपुरा गांव में बारिश के दौरान दीवार ढह जाने से एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई मौसम विभाग ने आज और कल बांसवाडा डूंगरपुर चित्तौडगढ राजसमंद सिरोही पाली और जालौर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है

साथ ही ये द्रदर्शन डीटीएच चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन एआइआर एप पर भी उपलब्ध रहेगा

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें बहत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें